सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को च्नाव के लिये धन उपलब्ध कराने के वास्ते च्नावी बांड योजना को च्नौती देने वाली जनहित याचिका पर आपना स्रक्षित रखा है प्रधान नयायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज कहा है कि इस पर फैसला कल सुनाया जायेगा एक एनजीओ द्वारा दायर याचिका पर एनजीओ ने अंतरिम राहत की मांग करते हये कहा कि या तो चूनाव बांड जारी करने का रखा जाये या दाता का नाम सबके सामने लाया जाये ताकि च्नाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बन सकें महाधिवक्ता के के वेण्गोपाल ने इस च्नावी बांड योजना का समर्थन करते हये कहा कि इसका उद्देश्य चूनावों में प्रयोग काले धन की रोकथाम है उन्होंने कहा कि जहां तक इस च्नावी बांड योजना का प्रश्न है ये सरकार की नीति का फैसला है और कोई भी सरकार नीतिगत फैसले में गलती नहीं कर सकती

इसमें दिल्ली में तीन सौ चौवन करोड़ रूपये और पंजाब में तीन सौ उन्यासी करोड़ रूपये का सामान पकड़ा गया है

आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा है कि यह ब्याज दर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों रेलवे तथा रक्षा बलों की भविष्य निधि योजना लागू होगी पिछले महीने सरकार ने चालू वित वर्ष की पहली तिमाही के लिये राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र तथा पीपीएफ सहित लघु बचत योजनाओं के लिये ब्याज दर को भी प्र्व स्तर पर बरकरार रखा

आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा हमारी संवाददाता ने बताया कि अदालत ने अलग अलग धाराओं के तहत सज़ा सुनाई है

अदालत ने ये आदेश दिए है कि ज्र्माना राशि मे से पौने लाख रूपये पीडि़मा को देने होंगे

जन नायक जनता पार्टी के कन्वीनर द्वष्यंत चौटाला ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभानायें बनी हई है और नवरात्रो के दौरान इस बारे घोष्णा हो सकती है चंडीगढ़ में पत्रकारों से बाचतचीत मे दष्यंत चौटाला ने कहा कि गठबंधन के लिये उनके दल ने एक कमेटी गठित की थी चार लोगों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और अगले एक दो दिन मे इस पर फैसला ले लिया जायेगा उन्होंने कहा कि हरियाणा में कई ऐसे राजनीतिक दल है जो च्नाव नहीं लड़ रहे लेकिन जन नायक जनता पार्टी का समर्थन करना चाहते है उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होता है तो वे इस गठबंधन में शामिल नहीं होंगे हिसार से च्नाव लड़ने की अटकने के बारे उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता हिसार से ही चुनाव लड़ने की है लेकिन अंतिम फैसला पार्टी का होगा बीजेपी के संकल्प पत्र को उन्होंने ढकोसला बताया

हरियाणा में यम्नानगर बरवाला रायप्ररानी सिरसा सहित कई स्थानों पर आढ़तियों ने किसानों को फसल का ऑन लाइन भ्गतान करने के विरूदव हड़ताल रखी हड़ताल के कारण जगाधरी बिलासप्र यमुनानगर बरवाला आदि मंडियो में गेहं की खरीद नहीं हो सकी सिरसा से हमारे संवाददाता ने बताया कि हड़ताल का असर श्रमिकों पर भी देखने को मिला वे सारा दिन बिना काम क रहे आढ़तियों का कहना है कि ई ट्रेडिंग से उनका व्यापार ठप्प हो रहा है उधर व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग पूनिया ने कहा है कि फसल का भ्गतान आढ़तियों के माध्यम से न करने के विरोध मे सभी जगह आढ़ती हड़ताल पर है

कांग्रेस सांसद दीपेन्द्र हडडा ने जन नायक जनता पार्टी के आमद आदमी पार्टी के साथ संभावित गठबंध्न पर प्रतिक्रिया देते हये कहा है कि दोनो दलों का प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है इसलिये ये गठबंधन कांग्रेस के लिये कोई मायने नहीं रखता सांसद आज रोहतक में मीडिया से बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि उनका मुख्य मुकाबला बीजेपी के साथ है भारतीय जनता पार्टी के बारे उन्होंने कहा कि बीजेपी ने धरातल पर क्छ नहीं किया केवल लोगों को तोड़ने की राजनीति की है उन्होंने कहा कि ये लोकसभा चुनाव प्रदेश राजनीतिक दशा को तय करेगा चैत्र नवरात्र मेले के आज छठे दिन श्री माता मनसा देवी मंदिर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने महामाई के चरणों मे शीश निवाया और हवन यज्ञ में भाग लिया इस मौके पर श्री शरण ने कहा कि इस तरह के आयोजन भारतीय संस्कृति की पहचान है और इनमें शामिल होकर व्यक्ति को सदमार्ग पर चलने की प्ररेणा मिलती है

उन्होंने बताया कि चढ़ावे मे विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हई है

भारती किसान यूनियन ने आज यम्नानगर में अंधड़ और ओलावृष्टि से नष्ट हड् फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर धरना दिया यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष ग्रनाम सिंह चूढ़नी ने कहा कि सरकार को फसलों की विशेष गिरदावरी का काम जल्दी श्रू करवाना चाहिए और उनका पैसा खातों में डलवाना चाहिए उन्होंने उपाय्क्त को म्ख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा